प्रदेश मंत्रिमण्डल ने दी वन समृद्धि जन समृद्धि योजना को मंजूरी ऊर्जा निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी में भी बढ़ौतरी

शिमला के जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह ने आज दिए फैसले में तीनों आरोपियों चंद्र शर्मा तेजेन्द्र सिंह और विक्रांत बख्शी को आईपीसी की दो दो धाराओं के तहत फांसी की सजा सुनाई अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस भी माना इस मामले में छः अगस्त को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था

युग मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी रणदीप सिंह परमार ने फैसले पर प्रतिकिय व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया और कहा कि ये फैसला अपराधियों के लिए एक सीख है

युग मामला जिला व सत्र न्यायालय के इतिहास में ऐसा पहला मामला है जिसमें एक साथ तीन अपराधियों को मौत की सजा दी गई है

यूग का कंकाल दो साल बाद नगर निगम को इस टैंक की सफाई के दौरान मिला इस मामले की जांच हिमाचल प्रदेश पुलिस की सीआईडी की काईम ब्रांच द्वारा की गई

फैसला सुनाए जाने वक्त युग के माता पिता और रिस्तेदारों के अलावा इस मामले में मौत की सजा पाने वाले तीनों अपराधियों के परिजन भी अदालत में मौजूद रहे

ये दिन महान शिक्षाविद और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे और अधिक ब्योरे के साथ हमारे संवाद्दाता संजीव सुन्द्रियाल शिक्षक दिवस आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शिक्षकों को बधाई देते हुए मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया और कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यों संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने की शिक्षा दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी निजी छवि बनाने में सक्षम बने मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता करार दिया और कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों में उच्च नैतिक मूल्यों का प्रवाह कर उनके जीवन की मजबूत नींव रखते है

ये बात प्रदेश पुलिस की दक्षिण रेंज की आज शिमला में आयोजित बैठक में सामने आई बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक एसआरमरड़ी ने की बैठक में राज्य में भांग और अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए गठित नशा निवारण समितियों के कार्य की भी समीक्षा की गई और इन्हें और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई बैठक में पुलिस की दक्षिण रेंज के शिमला सोलन सिरमौर किन्नौर और बददी के जिला पुलिस अधीक्षकों एएसपी डीएसपी और सभी एस एच ओ ने हिस्सा लिया मंत्रिमण्डल प्रदेश सरकार ने वन समृद्धि जन समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है ये मंजूरी प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई इस योजना से औषधीय पौधे और गैर ईमारती लकड़ी वन उत्पादों को एकत्र करने तथा बेचने में शामिल ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा

मुख्यमंत्री आज शिमला में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है और इसके निवारण से ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना संभव है उन्होंने पोषण अभियान की शुरूआत घर से ही करने और इसे जन आंदोलन का रूप देने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने अभियान की निरंतरता के लिए तंत्र विकसित करने की बात कही ताकि योजना की निरंतरता बनी रहे और ये अपना लक्ष्य हासिल कर सके मुख्यमंत्री ने पोषण अभियान की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि समिति अभियान के लक्ष्यों पर नजर रखेगी और वह स्वयं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पाल ने इस मौके पर कहा कि पोषण कार्यक्रम के पीछे प्रधानमंत्री की सोच एक स्वस्थ और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है प्रधानमंत्री आवास योजना हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है

विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता संजीव सुंद्रियाल से डिस्पैच केन्द्र सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पक्का घर बनाने का सपना साकार हो रहा है कुल्लु जिले में देहाडीदार प्रेम सिंह व मंगतराम के पास पहले कच्चे मकान थे लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से मदद मिलने पर अब उन्होंने पक्के मकान बना लिये हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने घर बनाने के लिए पैसा मिला पहले कच्चा मकान था अब हमने पक्का मकान बना लिया है मेरा नाम अंतराम है जी मैं रंग का काम करता हूं पेंटिंग का काम पुराना मकान था और सरकार की तरफ से बहुत हेल्प मिली मुझे और मैंने दो लेंटर वाला मकान बना लिया है जी देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पक्के मकान बनने का सिलसिला जारी है स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इन मकानों में शौचालय बनाना भी अनिवार्य किया गया है आशीष शर्मा के साथ मैं संजीव सुंदरियाल आकाशवाणी समाचार शिमला

पर्व कुल्लू घाटी में बीस भादो पर्व आज श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया आज के दिन लोग नदियों के संगम और मणिकर्ण वशिष्ट दशौर झील व सरयोलसर झील में जाकर स्नान करते हैं

कार्यकारिणी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर का अनुमोदन कर दिया है आज घोषित कमेटी के मुताबिक ज्ञान सिंह मेहता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होंगे जबकि केदार सिंह ठाकुर कृष्ण गोपाल भारद्वाज विजय कनेन बहादुर सिंह मेहता सरोजनी ठाकुर सुभाष मोहिन्द्र खोंड भागराम हस्ता शांति कोटला और वेद ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया है